प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दोपहर बाद उदयपुर और जोधपुर में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे

उन्होंने मोदी सरकार की सफलताओं को गिनाते हुए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिये वोट मांगे

अपने चुनावी दौरे पर रवाना होने से पहले आज जोधपुर हवाई अड़डे पर श्री गहलोत ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री के दौरो का कोई असर नहीं होगा

इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में उनसठ संसदीय सीटो के लिए मतदान होगा

इससे पहले कल शाम इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार समाप्त हो गया अंतिम दिन प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न पार्टियों के बडे नेताओं ने पूरी ताकत झोक दी

नाम वापसी के बाद इन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो सकेगी

सवाईमाधोपुर जिले में सप्ताह के तहत आज विभिन्न स्थानों पर वोट बारात का आयोजन किया जा रहा है

इस अवसर पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये पृथ्वी के संरक्षण के बारे में जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है उदयपुर में जिला पर्यावरण समिति द्वारा कई गतिविधियां हो रही है इसी के तहत आज सुबह शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा रन फॉर अर्थ थीम पर रैली का आयोजन किया गया जागरूकता रैली और पर्यावरण चेतना रथ को गुलाब बाग के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया

इसमें जनसंपर्क के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार और मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी फारूक आफरीदी को जनसंपर्क गौरव और लेखक महेन्द्र जैन को जनसंपर्क श्री अलंकरण प्रदान किये गये